उन्होंने लोगों से न घबराने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाए पहले की तरह जारी रहेंगी और सरकार पूरी तरह सजग है उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त राशन व आवश्यक सामग्री उपलब्ध है और लोगों को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कालाबाजारी से निपटने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और कुछ स्थानों पर कार्रवाई भी हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी देने पर विचार कर रही है और इस पर अलग से फैसला लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी उद्योग में छंटनी नहीं होगी और इस संबंध में सभी उद्योगपतियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में मनरेगा समेत अन्य दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी देने पर भी सरकार अलग से फैसला लेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग सयंम रखें और इस महामारी से लडने में सरकार का सहयोग करे लॉकडाउन राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में आगामी आदेशों तक लॉकडाउन की अधिसूचना जारी कर दी है यह अधिसूचना मुख्यमंत्री जयराम ठाकर द्वारा विधानसभा में लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद जारी की गई

अधिसूचना जारी होने के बाद सभी अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है यह रोक टैक्सी निजी और कांट्रैक्ट कैरेज वाहनों तथा ऑटो रिक्शा पर भी लागू होगी इस दौरान राज्य में न तो कोई रेलगाड़ी चल सकेगी और न ही व्यावसायिक उड़ानें आ सकेंगी निजीं वाहन भी केवल तभी चलेंगे यदि लोगों को आपात स्थिति में अस्पताल जाना है हालांकि गुड्स कैरियर वाले वाहन राज्य में चल सकेंगे इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है अधिसूचना के मुताबिक लॉकडाउन में सभी द्कानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान फैक्ट्रियां वर्कशॉप और गोदाम बंद रहेंगे हालांकि राशन दध बैड फल सब्जी मीट मछली तथा अन्य बिना पके भोजन की दकाने और इन्हें लाने ले जाने वाले वाहनों पर छूट रहेगी इसी तरह अस्पताल दवाईयों की दुकानें ऑप्टिकल स्टोर दवा बनाने वाली इकाईयां पैट्रोल पंप रसोई गैस और उनके गोदाम दवाई बनाने के उद्देश्य से एल्कोहल बनाने वाली फैंक्ट्रियां तथा अन्य आवश्यक सामान बनाने वाली इकाइयां भी खुली रहेंगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में सदन में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जिसे सत्तापक्ष और विपक्ष ने ध्वनिमत से पारित कर दिया

इस बीच विश्वभर में फैले कोरोना वायरस के चलते प्रदेश विधानसभा की सात बैठकें स्थगित कर दी गई हैं

उन्होंने कहा कि सदन की शेष सात बैठकों को मानसून और शीतकालीन सत्र में पूरा किया जाएगा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया और बाद में सदन ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया इसके साथ ही विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया